इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया इस विधेयक का उद्देश्य कुछ खास श्रेणियों के अवैध आप्रवासियों को मौजूदा कानून के प्रावधानों से छूट देने के लिए अधिनियम में बदलाव करना है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

संसद भवन के बाहर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह देश के हित में है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसे दोनों सदनों की मंजूरी मिल जाय केन्द्र सरकार द्वारा आज लोकसभा में पेश किये गये नागरिकता विधेयक संशोधन का राज्य में लोगों ने स्वागत किया है पीलोभीत जनपद के पूरनपुर निवासी विपिन मिश्रा ने कानून को अच्छा बताते हुए इसका स्वागत किया है बाइट नागरिकता संशोधन कानून काफी अच्छा है मैं इसका स्वागत करता हूं यह कानून काफी पहले बन जाना चाहिए था परन्तु केन्द्र में कोई सरकार इस कानून को लाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई मोदी सरकार बधाई की पात्र है प्रतापगढ़ के योगेश शर्मा ने कहा कि बिल का सभी दलों को स्वागत करना चाहिए बाइट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति से ऊपर और देश की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए इस तरह का बिल लाना बहुत ही आवश्यक था और हम चाहते हैं कि संसद में सभी दलों को भारत वर्ष के विकास के लिए उसकी सुरक्षा क लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए सभी को इस बिल का समर्थन करना चाहिए हमीरपुर के जलीस खान ने कहा बाइट मैं हृदय से अभिनंद करता हूँ और निश्चित रूप से यह बिल हमारे भारतीय शीर्ष पुरातन संस्कृति को कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना को साकार करने में मददगार साबित होगा तो हमारे भारतीय मूल के जो लोग पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं उनके लिए एक प्रवेश द्वार साबित होगा यह अभिनंदनीय है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा है कि भारत के व्यापारी वर्ग ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है

उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में भारत को जलवायु परिवर्तन और सतत विकास सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने इन चुनौतियों को मिलजुल कर हल करने पर जोर दिया और कहा कि व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिससे राष्ट्र का विकास होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन को मंजूरी के साथ कई अहम फैसलों को स्वीकृति दी गयी फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के बाद महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म से जुड़े मामलों की प्रतिदिन सुनवाई होगी ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलायी जा सके मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में दो सौ अट्ठारह फास्ट ट्रक अदालतें खुलेंगी जिनमें से एक सौ चौवालिस अदालतों में महिलाओं से दुष्कर्म के मामले को सुनवाई होगी जबकि चौहत्तर पाक्सो अदालतें खुलेंगी जिनमें बच्चों से जुड़े दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई की जायेगी इन अदालतों के लिए पीठासीन अधिकारियों और स्टाफ की भर्ती की जायेगी इन अदालतों के संचालन में प्रत्येक न्यायालय पर पचहत्तर लाख रूपये प्रति वर्ष व्यय होगा जिसका साठ फीसदी केन्द्र सरकार और चालीस फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रदेश के चौदह शहरों में पीपीपी मॉडल पर इलेक्ट्रानिक बसे चलाने के फैसले को मंजूरी दे दी ये बसें लखनऊ मेरठ प्रयागराज आगरा गाजियाबाद मुरादाबाद गोरखपुर अलीगढ़ झांसी बरेली शाहजहांपुर मथुरा व्रन्दावन शहरों मे चलायी जायेंगी जिन पर सालाना दो सौ पचास करोड़ रूपये का खर्च आयेगा और वहीं टिकट से एक सौ बीस करोड़ रूपये की आमदनी होगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के जरिये बलिया से जोड़ने को भी मंजूरी दे दी है इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए आम देशी नीम और महुआ जैसे उन्तीस पर्यावरण के लिए आवश्यक पेड़ों को काटने की अनुमति तभी दी जायेगी जब संबंधित पक्ष द्वारा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों को लगाया जाये इसके अलावा अयोध्या गोरखपुर और फिरोजाबाद के नगर निगमो के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गयी

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसो भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

श्री मौर्य आज लखनऊ में अपने कैम्प कार्यालय पर राज्य के विविन्न भागों से आये लोगों के साथ सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुन रहे थे उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है अधिकारीगण सरकार की प्राथमिकताओं और जनआकांक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करें उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जलाए जाने के मामले में लापरवाही बरतने पर एक थानाध्यक्ष सहित सात पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन सभी पुलिसकर्मियों को काम में लापरवाही बरतने के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है डिस्पैच बिहार पुलिस स्टेशन इंचार्ज अजय त्रिपाठी दो सब इंस्पेक्टर अरविंद सिंह रघ्रवंशी और श्री राम तिवारी के साथ ही चार अन्य पुलिसकर्मियों को उन्नाव के प्रलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के आदेश पर कल निलंबित कर दिया गया

सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी और सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलवायेगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्य में ठंड और कोहरे का प्रकोप तेजी पकड़ता जा रहा है पश्चिमी और तराई भागों में कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होने लगा है

केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अतंर्गत अप्रैल दो हजार पन्द्रह से मार्च दो हजार अट्ठारह के दौरान लगभग पांच करोड़ लोगों को ऋण दिया गया सर्वेक्षण बताते हैं कि इन ऋणों स लाभार्थियों की आर्थिक गविधियां उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में यह योजना सक्षम साबित हो रही है भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण इलाके खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हो गए हैं जलशक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी इलाके खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं

राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि वर्तमान में पांच सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई है लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से कल छुट्टी मिल गई उन्होंने ट्वीटर पर प्रशंसकों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया